कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा प्रदेश में अगले वर्ष से जैविक व रासायनिक खेती पर लगेगा प्रतिबंध

चम्बा में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्टार्ट अप यात्रा से युवा हुए रूबरू मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार व संगठन के बीच आपसी तालमेल से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओकओवर में अर्की विधानसभा क्षेत्र के मंडल मिलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और समी वर्गों के विकास के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है

उन्होंने मंडल के पदाधिकारियों से केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निष्ठा से कार्य करने का आहवान किया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यार्थियों से शिक्षा संस्थान में अर्जित ज्ञान का व्यापक विस्तार करने पर बल दिया है ताकि उनके अनुभवों का लाभ समाज को भिल सके वे आज सिरमौर ज़िले के राजगढ़ के समीप बड़्साहिब इंटरनल विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि दिक्षांत समारोह गुरू और शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है आचार्य देवव्रत ने कहा कि धार्मिक शास्त्रों में विद्यादान को सर्वोच्च माना जाता है गुरू गोविंद सिंह का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी संरक्षण के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और आज वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया गया है

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेश में अगले वर्ष से जैविक व रासायनिक खेती पर प्रतिबंध लगाया जाएगा केलंग में कृषि विभाग व आत्मा परियोजना के तत्वावधान से आयोजित किसान मेले के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी

इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस उठाऊ सिंचाई योजना से क्षेत्र की पांच पंचायतों को सिंचाई सुविधा मिलेगी महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र रेशम कीट उत्पाद के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है उन्होंने ग्रामीणों से अपनी आर्थिकी मजबूत करने के उद्देश्य से रेशम उद्योग को अपनाने का आहवान किया शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि बेटियों ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है वे आज शिमला स्थित कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लक्कड़ बाजार में वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणात्मक व प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और महिला सशक्तिरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं वीरेन्द्र कंवर दूसरी ओर पंचायती राजमंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज उना जिले के कुटलैहड़ की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रायसेंरी व टका स्कूलों के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना शुरू की है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा है कि बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं से कनेक्शन के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लेगा और मीटर तक बिजली पहुंचाने के लिए सर्विस वायर व अन्य सामग्री बोर्ड द्वारा लगाई जाएगी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और आम घरों में छोटे छोटे संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है इस मौके पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी केन्द्र सरकार की उपलब्धियों और विकासात्मक योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार लोगों से साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों तथा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा

आयुष्मान कांगड़ा केन्द्र सरकार ने देश में गरीब तबके को निशुल्क इलाज सुविधा देने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना शुरू की है योजना का उददेश्य पात्र लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना भी है प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा भी इस योजना से अछुता नहीं है

प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा ज़िले में भी लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने में पीछे नहीं है शाहपुर निवासी मनसाराम एक गरीब व्यक्ति है और उनका का कहना है कि पेट में तकलीफ होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी उन्होंने कहा कि योजना के तहत उनका मुफ्त ईलाज व ऑपरेशन हुआ है मनसाराम ने आयुष्मान भारत योजना को गरीब वर्ग के लिए संजीवनी बताया है

धर्मशाला से संदीप कुमार ने साथ समाचार कक्ष से मैं विनोद कुमार डिजिटल मिशन चंबा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शिमला से शुरू हुई स्टार्टअप यात्रा आज चंबा पहुंची इस मौके राजकीय महाविद्यालय में एक बूट शिविर का आयोजन किया गया जिसमें यात्रा के मुख्य उद्देश्यों से छात्र छात्राओं को स्टार्टअप कार्यकम के बारे में अवगत करवाया गया यात्रा शुरू करने के लिए विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे भी अपने नए विचार इस कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हैं

डिजिटल मिशन कुल्लु इस बीच कुल्लू में भी पहुंची स्टार्टअप मिशन यात्रा के सदस्यों ने युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने नए नए विचार प्राप्त करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के बारे में विचार विमर्श किया जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक पवन भारद्वाज ने बताया कि मिशन के तहत मोबाईल टीम देश के कोने कोने में धूमकर नए स्टार्टअप स्थापित करने के इच्छुक युवाओं से सम्पर्क कर रही है विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है वे आज धर्मशाला में सत्य साई बाबा के जन्म उत्सव पर साईं मंदिर लंज में शीश नवाने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि साईं समितियां देशभर में समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समाज सेवी संस्थाओं को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है जिससे बेहतर व सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सके सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कांगड़ा जिले के हरनेरा क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर अढ़ाई करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं वे हरनेरा में करीब अढ़ाई लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन के लोकार्पण के दौरान एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए बोल रही थीं उन्होंने कहा कि शाहपुर में स्थापित टयूबवैल के माध्यम से हरनेरा व आसपास के तीन कस्बों के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दे रही है वे आज कांगड़ा जिले दूर दराज क्षेत्र मुल्थान में स्वास्थ्य मेले के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य जांच व चिकित्सा सेवा सुलभ बनाने के लिए प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य मेलों के आयोजन का निर्णय लिया है शांता कुमार ने कहा कि इस मेले के दौरान लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है इस मौके उन्होंने मुल्थान में सामुदायिक केन्द्र भवन के निर्माण के लिए पांच लाख रूपए देने की घोषणा भी की वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेंद्र कश्यप आज सोलन जिले में कंडाघाट ब्लॉक के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौड़ा के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की इस अवसर पर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि इस अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न जिलों में लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है